एक और ट्रेन रात साढ़े नौ बजे पहुंचेगी बोकारो

बैठक में लॉक डाउन की अवधि एवं मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे साथ ही बैठक में गृह मंत्रालय के नये दिषा निर्देष पर भी चर्चा होने की उम्मीद है

बाहर से लाये जानेवाले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच और उन्हें कोरेंटाइन कराने में पूरी सावधानी बरती जा रही है इस समय जिले में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बाहर से मजदूरों को वापस लाया जा रहा है जबतक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती तबतक प्रशासन काफी चौकस होकर काम कर रहा है

राज्य सरकारें यह सुनिष्चित करें कि इन कोरोना योद्वाओं की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाये

श्री गौबा ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे विभाग का सहयोग करें उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिषन के तहत प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र को राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेनसिंग के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि देषभर में तीन सौ पचास से अधिक श्रमिक ट्रेनों का परिचालन कर साढ़े तीन लाख प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया जारी है इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की ओर से बताया गया कि जिस प्रकार कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जा रही लॉकडाउन व्यवस्था एक जरूरत है उसी तरह आर्थिक गतिविधियों को भी धीरे धीरे आरंभ किया जाना चाहिए

प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारे सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आंशका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों और जरुरतमंदों के प्रति संवेदनशील है इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो उसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायता उपलब्ध कराई जाती है श्री सोरेन ने रिक्शामालिक का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह उसके जीने का सहारा बनेगा और इससे होने वाली कमाई से अपना घर परिवार चला सकेगा इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि रांची में रिक्षा चलाने वाले राजकुमार रविदास के रिक्षे की चोरी कुछ दिनों पहले हो गई थी ऐसे में वह कबाड़ी का काम कर किसी तरह परिवार चला रहा था लेकिन लॉकडाउन में उसके पास कमाने खाने का कोई जरिया नहीं था मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने आज उन्हें रिक्षा सौंपा

जिले के किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में किस्त के रूप में दो दो हजार रुपये की राषि उपलब्ध करायी जा रही है

जिले के उपायुक्त गणेष क्मार ने बताया कि जिन किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जायेगा

तपेदिक और फेफडा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर तन्मय तालुकदार परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता टोल फ्री नंबर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छह सात पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं यह विशेष कार्यक्रम रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अंतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मातृ दिवस के अवसर पर आज राज्यवासियों को शुभकामनाए दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि संघर्ष में मां ही हम सब को सही राह दिखाती हैं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

ये सभी आठ राहगीर लॉक डाउन के समय जमशेदपुर से एक ट्रेलर ट्रक में अपने घर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर की ओर जा रहे थे घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी के नीचे दबे शवों को जेसीबी के माध्यम से निकाला घटना के संबंध में रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज उरांव ने बताया कि टाटा से चलकर ये लोग रामगढ़ से आगे की ओर जा रहे थे

राष्ट्रीय उच्च पथ निन्यानब्बे पर स्थित ड्मरी बालू घाट के समीप यह घटना एक ट्रैक्टर के पलटने से घटी इसमें दो अन्य मजदूरों को भी चोटे आई है जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर के निर्माण को लेकर थाना क्षेत्र के आरू पंचायत अंतर्गत सतघरवा गांव निवासी ये मजदूर ट्रैक्टर पर बालू लादकर डुमरी से औरुगेरुआ गांव जा रहे थे इसी दौरान चालक ने ट्रैक्टर से अपना संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर पलट गयी सभी घायलों को उपचार के लिये हंटरगंज स्वास्थ्य उपकेंद्र भेजा गया जहां इलाज के दौरान दो मजदूरों की मौत हो गयी

उन्हें न तो स्कूल जाने का मौका मिल रहा है और ना ही मैदान जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है ऐसे में वे मोबाइल और टीवी देख कर बोर हो चुके हैं बच्चों को इस बोरियत से निकालने को लेकर हजारीबाग की संस्था तरंग ग्रप द्वारा एक नयी पहल शुरू की गई है संस्थान ने टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया है इसके तहत बच्चे गीत संगीत नृत्य और फैषन से संबंधित गतिविधियों का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से संस्थान को भेजते हैं संस्थान के निदेषक अमित कुमार के अनुसार इसके विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा

दोपहर के पहले जहां गर्मी से लोग बेहाल रहते हैं वहीं दोपहर के बाद वज्रपात के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं उधर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत जामटोली में हुई वज्रपात से एक ग्रामीण की मौत हो गयी वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए घायलों में से एक की स्थिति गम्भीर बतायी जा रही है अन्य दो पर वज्रपात का मामूली असर पड़ा है सभी लोग एक खेत मे काम करने जा रहे थे इस दौरान तेज आंधी तूफान और बारिश होने लगी